लोकसभा चुनाव में एनडीए ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुये अब तक तीन सौ अड़तालीस सीटें जीत ली हैं वहीं चार सीटों पर बढ़त बनाये हुये हैं दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को सोलह सीटों का फायदा हो रहा है यूपीए छियानवे सीटों पर कामयाब हुयी है इसे पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले सैंतीस सीटों का फायदा हुआ है वहीं अन्य पार्टियां चौरानवे सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी हैं और सोलह पर आगे चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर कहा है कि एक बार फिर भारत की जनता की जीत हुयी है कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में लोगों का आभार प्रकट करते हुये श्री मोदी ने कहा कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा प्रधानमंत्री ने कहा एनडीए में लोगों के विश्वास से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में और अधिक ताकत मिलती है भाजपा ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कारगर संगठनात्मक कौशल को दिया है नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने विजय का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुये कहा कि यह विकास की जीत है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में फिर विश्वास जताने के लिये देशवासियों का आभार व्यक्त किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जीत पर बधाई दी है नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने के जनता के फैसले का सम्मान करते हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम नई दिल्ली में बैठक आयाजित की गयी है बैठक में सोलहवीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जायेगा सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है और उससे पहले सत्रहवीं लोकसभा का गठन किया जाना है पड़ोसी देश पाकिस्तान नेपाल बंगलादेश और भूटान के साथ चीन जापान फ्रांस रूस इजरायल पूर्तगाल और मालदीव समेत विश्व के तमाम देशों के प्रमुखों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लोकसभा चूनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रचंड बहुमत से जीतने पर श्री मोदी को फोन करके बधाई और भविष्य के लिये शुभकामनाएं दी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी प्रधानमंत्री को फोन कर चुनाव में विजय हासिल करने पर बधाई दी है बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी में जहां राजद नीत महागठबंधन के अन्य घटक का सफाया हो गया वहीं कांग्रेस सिर्फ एक सीट बचाने में कामयाब रही सतरहवें लोकसभा चूनाव में भाजपा की अग्रवाई वाले राजग ने जहां राज्य में लोकसभा की चालीस में से उनतालीस सीटें जीत ली हैं वहीं कांग्रेस ने केवल किशनगंज सीट पर जीत दर्ज की है इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के डॉ मोहम्मद जावेद ने जदयू के सैयद मोहम्मद अशरफ को चौंतीस हजार से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया उन्नीस सीटों पर चूनावी मैदान में उतरा राजद एक सीट भी नहीं जीत पाया इसके अलावा महागठबंधन के अन्य घटक रालोसपा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पायी है एनडीए घटक दलों में भाजपा को सत्रह जदयू को सोलह और लोजपा को छह सीटों पर सफलता मिली है निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकिनगर से जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतों ने कांग्रेस के शाश्वत केदार को तीन लाख चौवन हजार छह सौ सोलह पश्चिम चंपारण से भाजपा के संजय जायसवाल ने रालोसपा के ब्रजेश कुमार कुशवाहा को दो लाख तिरानवे हजार नौ सौ छह पूर्वी चंपारण से भाजपा के राधामोहन सिंह ने रालोसपा के आकाश कुमार सिंह को दो लाख तिरानवे हजार छह सौ अड़तालीस शिवहर से भाजपा की रमा देवी ने राजद के सैयद फैसल अली को तीन लाख चालीस हजार तीन सौ साठ और सीतामढ़ी से जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के अर्जुन राय को दो लाख पचास हजार पांच सौ उनतालीस वोटों से पराजित किया मधुबनी से भाजपा के अशोक कुमार यादव ने वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे को चार लाख चौवन हजार नौ सौ चालीस झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल ने राजद के गुलाब यादव को तीन लाख बाईस हजार नौ सौ इक्यावन सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस की रंजीत रंजन को दो लाख छियासठ हजार आठ सौ तिरपन अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने राजद के सरफराज आलम को एक लाख सैंतीस हजार दो सौ इकतालीस और कटिहार से जदयू के दुलालचंद्र गोस्वामी ने कांग्रेस के तारिक अनवर को संतावन हजार दो सौ तीन वोटों से पराजित किया पूर्णिया से जदयू के संतोष कुमार ने कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को दो लाख तिरसठ हजार चार सौ इकसठ मधेपुरा में जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने राजद के शरद यादव को तीन लाख एक हजार पांच सौ सत्ताईस दरभंगा से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर ने राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ उनासी मुजफ्फरपुर से भाजपा के अजय निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी के राज भूषण चौधरी को चार लाख नौ हजार नौ सौ अठासी और वैशाली से लोजपा की वीणा देवी ने राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह को दो लाख चौंतीस हजार पांच सौ चौरासी मतों से पराजित किया गोपालगंज से जदयू के आलोक कुमार सुमन ने राजद के सुरेंद्र राम को दो लाख छियासी हजार चार सौ चौंतीस सीवान से जदयू की कविता सिंह ने राजद की हिना शहाब को एक लाख सोलह हजार नौ सौ अंठावन महाराजगंज से भाजपा के जर्नादन सिंह सिग्रीवाल ने राजद के रणधीर कुमार सिंह को दो लाख तीस हजार सात सौ बहत्तर सारण से भाजपा के राजीव प्रताप रूढी ने राजद के चंद्रिका राय को एक लाख अड़तीस हजार चौर सौ उनतीस और हाजीपुर से लोजपा के पशुपति कुमार पारस ने राजद के शिवचंद्र राम को दो लाख पांच हजार चार सौ उनचास मतों से पराजित किया उजियारपुर से भाजपा के नित्यानंद राय ने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को दो लाख छियासठ हजार छह सौ अठाईस समस्तीपुर से लोजपा के रामचंद्र पासवान ने कांग्रेस के अशोक कुमार को दो लाख इक्यावन हजार छह सौ तैंतालीस बेगूसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह ने सीपीआई के कन्हैया कुमार को चार लाख बाईस हजार दो सौ सत्रह खगड़िया से लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर ने वीआईपी के मुकेश सहनी को दो लाख अड़तालीस हजार पांच सौ सत्तर भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मंडल ने राजद के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को दो लाख सतहत्तर हजार छह सौ तीस तथा बांका से जदयू के गिरिधारी यादव ने राजद के जयप्रकाश नारायण यादव को दो लाख पांच सौ बत्तीस मतों से पराजित किया मुंगेर से जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस की नीलम देवी को एक लाख सड़सठ हजार नौ सौ सैंतीस नालंदा से जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने हम के अशोक कुमार आजाद को दो लाख इकतालीस हजार आठ पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को दो लाख चौरासी हजार छह सौ संतावन पाटलिप्तत्र से भाजपा के रामकृपाल यादव ने राजद की मीसा भारती को उनतालीस हजार तीन सौ इक्कीस आरा से भाजपा के आर के सिंह ने भाकपा माले के राजू यादव को एक लाख सैंतालीस हजार दो सौ पचासी बक्सर से भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे ने राजद के जगदानंद सिंह को एक लाख सत्रह हजार छह सौ नौ और सासाराम से भाजपा के छेदी पासवान ने कांग्रेस की मीरा कुमार को एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पैंतालीस मतों से हराया काराकाट से जदयू के महाबली सिंह ने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को चौरासी हजार पांच सौ बयालीस जहानाबाद से जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद ने राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को एक हजार सात सौ इक्यावन औरंगाबाद से भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने हम के उपेंद्र प्रसाद को सत्तर हजार पांच सौ बावन गया से जदयू के विजय कुमार ने हम के जीतनराम मांझी को एक लाख बावन हजार चार सौ छब्बीस नवादा से लोजपा के चंदन सिंह ने राजद की विभा देवी को एक लाख अड़तालीस हजार बहत्तर और जमुई से लोजपा के चिराग पासवान ने रालोसपा के भूदेव चौधरी को दो लाख इकतालीस हजार उनचास मतों से पराजित किया राज्य में दो विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में भी एनडीए प्रत्याशियों को सफलता मिली है डिहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के सत्यनारायण सिंह ने राजद के मो फिरोज हुसैन को तैंतीस हजार से अधिक मतों से हरा दिया वहीं नवादा विधानसभा उपचुनाव में जदयू के कौशल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार को ग्यारह हजार से अधिक वोटों से पराजित कर दिया बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने अरूणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सात सीटों पर जीत दर्ज की है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह अरूणाचल प्रदेश के प्रभारी आफाक अहमद ने बताया कि अरूणाचल में यह पार्टी की बड़ी जीत है उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में पार्टी का आधार बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि अरूणाचल प्रदेश के साठ सदस्यीय विधानसभा में जदयू ने पंद्रह उम्मीदवार उतारे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी सफलता के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जनता की सेवा के लिए पहले से अधिक जिम्मेदारी मिली है श्री कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि समाज में कटुता की जगह आपसी सौहार्द के माहौल में विकास के कार्यों को आगे बढाएं कल अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को सभी वर्गों का भरपूर सर्मथन मिला है जिसके कारण गठबंधन ने बिहार की उनचालीस सीटों पर जीत हासिल की है श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को भी बेहतर तरीके से जीतेगा उन्होंने कहा कि एनडीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने मिलकर जिताने का काम किया है श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने साबित किया है कि लोगों ने जाति आधारित राजनीति से अलग हटकर नए भारत के निर्माण के लिए वोट किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत महाविजेता मोदी दैनिक जागरण ने फिर एक बार मोदी सरकार के नाम से सुर्खी बनायी है दैनिक भास्कर ने फूलों की बारिश के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय मुद्रा में तस्वीर के साथ मित्रों मोदी है तो मुमकिन है को अपनी सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने एनडीए की ऐतिहासिक जीत के लिये लोगों का आभार प्रकट करते मोदी की तस्वीर प्रकाशित करते हुये महानायक मोदी लड़े मोदी जीते को सुर्खी बनाया है आज ने अपनी सुर्खी में प्रधानमंत्री के इस संदेश को प्रमुखता से जगह दी है कि यह जनादेश एक सौ तीस करोड़ नागरिकों की जीत है वहीं राष्ट्रीय सहारा ने जनादेश दो हजार उन्नीस प्रचंड भरोसा को सुर्खी बनाया है